कार रेट जगत को प्रदेश के विकास कार्यो में भागीदारी बढ़ाने की अपील की

बैंक से सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास रियोजना के हिस्से के रू में गंगा नदी र राष्ट्रीय जलमार्ग र बनने वाले चार मल्टी मॉडल टर्मिनल में यह सहला है अन्य तीन का निर्माण साहिबगंज हल्दिया और गांजी र में अभी चल रहा है भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग रिवहन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री को एक बड़ा कंटेनर ोत की मिला जो देश में अंतराष्ट्रीय जल मार्गो र हली बार चला था हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज ग्रूग्राम में हले सीएसआर सम्मेलन का उदघाटन किया ये सम्मेलन ग्रूग्राम जिला प्रशासन तथा प्रदेश के उदयोग एवं वाणिज्य विभाग दवारा संयुक्त रू से आयोजित किया गया है इस मौके र अ ने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार कार रेट घरानों और अन्य निजी कं नियों को प्रदेश में विकास कार्य में भागीदारी के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहती है

म्ख्यमंत्री ने कार ोरेट जगत को हरियाणा के विकास मे अ नी भागीदारी बढ़ाकर एक हजार करोड़ रू ये करने का अन्रोध किया

मूख्यमंत्री ने कहा कि सीएसआर के तहत विकास कार्यो में हिसार सबसे आगे है जबकि ग्रूग्राम का दूसरा स्थान है

मुख्यमंत्री ने इस मौके र सीएसआर सलाहकार बोर्ड के गठन के साथ साथ सीएसआर शोर्टल की शुरूआत भी की

मुख्यमंत्री ने कार रेट जगत व अन्य कं नियों को उनके दवारा किये गये बेहतर कार्यो के लिये सम्मानित कर सीएसआर पुरस्कार की शुरूआत भी की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल बैगल्र में केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अनंत क्मार के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे श्री अंनत क्मार को आज स्बह बैंगलुर के एक निजी अस् ताल में निधन हो गया था वे कई महीनों से फेफड़ो के कैंसर से ीड़ित थे अस् ताल के सत्रों ने बताया कि उनसठ वर्षीय भाज ा नेता ने सुबह दो बजे अंतिम सांस ती आज उनके सम्मान में पुरे देश में झंडे आधे झ्का दिये गये है और पुरे राजकीय सम्मान के साथ कल दिन के एक बजे उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा

उनके शोकाक्ल रिवार मे उनकी त्नी और दो बेटियां है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन तथा संसदीय मामले मंत्री श्री अनंत क्मार के निधन प्र गहरा शोक व्यक्त किया है आज यहां जारी एक शोक संदेश में म्ख्यमंत्री ने श्री अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देते हए कहा कि वे एक कर्मठ नेता थे और उनके निधन से जो क्षति हई है उसकी भर ाई नहीं की जा सकती

वित मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इनमें ग्रु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाईएमसीए फरीदाबाद और दीनबंध् छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय म्रथल शामिल हैं

ंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने जींद में उ च्नाव ने करवाये जाने को लेकर च्नाव आयोग को फटकार लगाई है न्यायालय ने प्छा है कि च्नाव क्यों नहीं कराये गये जब यह मालूम है कि विधानसभा च्नाव में एक साल से भी कम समय है न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगली बार च्नाव की तारीख तय करके उच्च न्यायालय में लाये

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय कांग्रेस नेता बाल मुकुंद की याचिका शर सुनवाई कर रहा है कृषि विश्वविदयालय हिसार के वैज्ञानिकों की खज्र के नर और मादा धों की हचान करने के लिए विकसित की गई तकनीक को ऐटेंटे मिला है विश्वविद्यालय के क्ल ति प्रो के ी सिंह ने बताया कि खज्र में नर और मादा सौधे अलग अलग तरह के होते है जिनके बीज अंक्रितत होने के चार ांच साल बाद जब उन र फूल खिलते है तक हचान हो ाती है र विश्वविद्यालय की नई तकनीक से ये हचान अब नर्सरी स्तर र ही की जा सकेगी नई तकनीक खजूर उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी होगी क्योंकि इसमे समय जमीन लागत व मेहनत सबकी बचत होगी

उन्होंने विश्वविद्यालय की टीम को ेटेंट मिलने के बाद बधाई दी है अन्संधान निदेशक डा एस के सहरावत नर्सरी ने दावा किया है खजूर में लिंग की नर्सरी आवस्था में हचान करने की यह विश्व में हली तकनीक है एनएच ीसी लिमिटेड भारत की प्रमुख जल विदयुत कं नी ने आज फरीदाबाद में स्थित अ ने कारा रेट कार्यालय में अ ना चौवालिसवा स्था ना दिवस मनाया इस मौके र ऊर्जा और नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के केन्द्रीय राज्य मंत्री आर के सिंह ने अ ने सम्बोधन में एनएच ीसी के प्रदर्शन दक्षता और लाभ प्रद्रता की सराहना की और कहा कि हाईड्रो श्वावर बिजली का एक स्वच्छ और हरा स्त्रोत है श्री सिंह ने एनएचपीसी कालोनी फरीदाबाद मे स्था त एक हजार के वी रूफ टो सौर संयंत्र की रिमोट दवारा नींव रखी समारोह मे विभिन्न प्रस्कार भी प्रदान किये गये

जानकारी के म्ताबिक मृतक सचिन अलावल र का रहने वाला है और हादसे के समय व डय्टी र जा रहा था ्लिस ने शव को कब्जे को लेकर ोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल अस् ताल में उ चाराधीन है स्वास्थ्य खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज कल अम्बाला छावनी में स्भाष ार्क के नजदीक साढ़े चार करोड़ रू ये से अधिक राशि की लागत से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन हाल का लोका ण करेंगे

हरियाणा के कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ कल प्रात चक्ला के आयोजित प्रस्कार वितरण समारोह में खिलाडिय़ों को सम्मानित करेंगे